रणथम्भौर अभ्यारण्य के लिये ब्रुकिंग की व्यवस्था में वन विभाग करने जा रहा है बदलाव केवल ऑनलाईन एडवांस बुकिंग ही की जा सकेगी

राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज उन्हें जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर आयोजित समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई

इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट आज राज्य के पांचवे उप मुख्यमंत्री बन गये है राज्यपाल ने सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई

इसके अलावा समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोड़ा बाबू लाल मरांडी डीएमके नेता एम के स्टालिन जेडीयू नेता शरद यादव और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी तारीक अनवर डीएमके नेता कनिमोझी जतिन राम माझी तेजस्वी यादव आन्ध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडु सहित विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी और तथा महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंच पर मौजूद सभी नेताओं का स्वागत किया समारोह में करीब पच्चीस हजार लोगों ने भाग लिया

इसके लिये कई जगह एलईडी टीवी लगाकर लोगों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दिखाया गया

वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं को एयरपोर्ट से कडी सुरक्षा के बीच अल्बर्ट हॉल लाया गया समारोह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में करीब साढ़े तीन हजार पुलिसकर्मी लगाये गये इस बीच यातायात और पार्किंग की भी विशेष व्यवस्था की गई समारोह के कारण रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर और अल्बर्ट हॉल समारोह खत्म होने तक बंद रखा गया

छत्तीसगढ में भूपेश बघेल राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए है वे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं कल रायपुर में पार्टी मुख्यालय में नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री बघेल को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयले की पीठ ने आज सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी माना गौरतलब है कि सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष और केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उच्च न्यायालय में अपील की थी

श्री नायड ने नई दिल्ली में महिला सशक्तीकरण पर नीति आयोग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देना सफल साबित हुआ है

श्री मोदी ने कल प्रयागराज में अंदावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी प्रत्येक संस्था को कमजोर कर रही है जो उसकी हां में हां नहीं मिलाती रफाल सौदे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें फैला रही है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में साढ़े चार हजार करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

इस दौरान जनप्रतिनिधि सेना के अधिकारी और आमजन मौजूद रहे गौरतलब है कि किशन सिंह शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठमेड में शहीद हो गए थे

हमारे संवाददाता ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार अब केवल विभाग की वेबसाईट पर ऑनलाईन एडवांस ब्रेकिंग होने जा रही है

बाडमेर जिला कलक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि यह दल जनप्रतिनिधियों से भी सूखे से उत्पन्न स्थितियों क बारे में भी जानकारी लेगा वहीं दल के अधिकारी गौशालाओं का निरीक्षण भी करेंगे

सीकर के फतेहपुर में आज लगातार चौथे दिन भी पारा जमाव बिन्दु से नीचे बना हुआ है